भाजपा प्रदेश भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र आज पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पृण्य तिथि को प्रदेशभर में समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी ये बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कल शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही इस मौके पर बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता व नेता मोदी ऐप के जरिए ऑनलाइन या चैक के माध्यम से डोनेशन देंगे

मौसम पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से प्रदेश में आज से मौसम के मिज़ाज बिगड़ेंगे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर आज सुबह से ही हिमपात होने का समाचार है हमारे लाहौल स्पिति प्रतिनिधि के अनुसार घाटी में भारी बर्फबारी होने से जिला मुख्यालय केलांग सहित जिले के अधिकांश क्षेत्रों में गत पांच दिनों से बिजली आपूर्ति ठप्प होने से जनजीवन ब्री तरह प्रभावित है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर फूड पार्क से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचारपत्रों ने प्रमुखता दी है

दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है ऊना जिला के सिंगा में क्रीमिका फूड पार्क का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया उद्घाटन

मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है लाहौल में हिमखंड गिरा चार ढाबे पुल ध्वस्त विंटर स्कूलों की छूटिटयां बढ़ाई पंजाब केसरी का शीर्षक है लाहौल में ग्लेशियर गिरने से चार ढाबे व पुल तबाह आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में आज से फिर बर्फबारी व बारिश की सम्भावना दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है सूबे में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिज़ाज जबकि हिमाचल दस्तक के अनुसार शीतलहर की चपेट में पहाड़

इसी पत्र के अनुसार हिमाचल में नई नियुक्तियां दस प्रतिशत सामान्य वर्ग का आरक्षण लागू होने के बाद होंगी बैंक गारंटी के विरोध में डॉक्टर आज से हड़ताल पर शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है आईजीएमसी में तीन दिन सुबह दो घंटे पेन डाउन स्ट्राइक

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में पेश किये गए बजट को लेकर अपने विचार व्यक्त किये हैं शीर्षक है बजट में दिल जीतने का श्रम आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय मेगा फूड पार्क से हजारों को रोजगार में लिखता है कि इसके बनने से प्रदेश के बेरोजगार युवा और किसान लाभांवित होंगे हिमाचल दस्तक अपने सम्पादकीय में लिखता है कि प्रदेश के आईटी विभाग के साईट का एक साल से अपडेट न होना अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली को दर्शाता है